पांचवें से लेकर अंतिम चरण तक का चुनाव प्रचार तेज

राज्य के कई हिस्सों में लू जैसे हालात स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल राज्य की पांच सीटों दरभंगा उजियारपूर समस्तीपूर बेगूसराय और मूंगेर में मतदान होगा राज्य के अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस चरण के संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले कुल छियासठ प्रत्याशियों में तीन महिलाएं भी चूनाव मैदान में हैं उन्होंने कहा कि कल होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इसमें छियालीस लाख सत्तरर हजार आठ सौ अड़तालीस प्रूष मतदाता इकतालीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस महिला मतदाता और दो सौ अठाईस थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन्होंने बताया कि पोलिंग से संबंधित कर्मचारी और पूलिस बल अपने अपने संबंधित जिलों में पहुंच चुके हैं इस चरण में मतदान केंद्रों की संख्या आठ हजार आठ सौ चौंतीसहै जिसमें दरभंगा में एक हजार छह सौ चौंसठ उजियारपुर में एक हजार छह सौ समस्तीपुर में एक हजार सात सौ बेगूसराय में एक हजार नौ सौ चौवालीस एवं मुंगेर में एक हजार नौ सौ छब्बीस मतदान केंद्र है इस प्रकार बैलेट यूनिट बारह हजार तीन सौ साठ और आठ हजार आठ सौ चौंतीस वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी सभी संसदीय क्षेत्र में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान के लिए कार्मियों की तैनाती कर दी गयी है चार हजार दो सौ बावन माइक्रो ऑब्जर्वर चुनावी ड्यूटी में तैनात किये गये हैं वहीं एक सौ तीस जगहों पर वेबकास्टिंग की व्यस्था की गयी है समस्तीपूर के दियारा क्षेत्र में नाव से गश्ती तथा सुरक्षा की दृष्टि से एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है जबकि राजधानी पटना मेंएक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है इस चरण में जिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा उनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र क्शवाहा बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार राजद के तनवीर हसन और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एलजेपी के रामचंद्र पासवान तथा जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस की नीलम देवी दरभंगा से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर समेत अन्य राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं चौथे चरण के लिये चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बलिया समस्तीपुर और उजियारपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विकास के लिये मोदी सरकार जरूरी नेता प्रतिपक्ष सह राजद के तेजस्वी यादव ने जहानाबाद और उजियारपुर के हसौली में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि संविधान बचाने को राजग सरकार हटायें लखीसराय में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने कहा कि देश बचाना है तो केंद्र की सरकार बदलें बेगेसराय के बछवाड़ा में गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि जहां फसल उगती है वहां फसल सही दाम नहीं मिलता पांचवें से लेकर अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है छह मई को सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सारण हाजीपुर और मधुबनी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा इसके लिये आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष श्री शाह सीतामढ़ी और सारण में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम चंपारण मध्रबनी शिवहर और महाराजगंज में चुनाव प्रचार करेंगे वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान गोपालगंज सीतामढ़ी और हाजीपुर में चुनावी सभा करेंगे साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्वी चंपारण और लखौरा में चुनावी सभा करेंगे राजद के तेजस्वी यादव गोपालगंज महाराजगंज और वैशाली में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं सांतवें चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए पटना साहिब सीट पर अपने चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार से ही देश का भला हो सकता है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की आशंका जतायी है जबकि विभाग ने राज्य के मधुबनी दरभंगा और सहरासा जिले के कुछ क्षेत्रों में दो से तीन घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि राजस्थान से आ रही गर्म हवा के कारण राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में गर्मी बढ़ी है रोहतास जिले का डेहरी कल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान साढ़े तैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना और गया का अधिकतम तापमान लगभग बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक पटना गया और नालंदा में अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वहीं औरंगाबाद और डेहरी में अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री के आस पास पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है उधर गर्मी को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है विभाग ने प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें राज्य में गर्म हवाओं से लोगों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये तैयारी करने का निर्देश जारी किया गया है राज्य के कई प्रखंडों में भू जल स्तर घटने से लघु जल संसाधन विभाग ने बोरिंग करने पर रोक लगा दी है विभाग के अनुसार राज्य के उन्नीस जिलों के एक सौ दो प्रखंडों में जल स्तर काफी खराब हो चुका है जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक परीक्षा दो हजार बीस के लिये होने वाले रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ा दी है

समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्रों को इसके पहले भी कई मौके दिये गये थे लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जिनके लिये यह व्यवस्था की गयी है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आज निजी और सरकारी आईटीआई संस्थानों में नामांकन के लिये राज्य के कई जिलों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया है परीक्षा में लगभग दो लाख उनचास हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे परिषद ने अभ्यर्थियों को हाफ शर्ट और चप्पल में ही आने का निर्देश दिया है भागलपुर जिले के सैंडिस कंपाउंड में हेमन ट्रॉफी क्रिकेट के सुपर लीग मुकाबले में आज भागलपुर और बेगूसराय के बीच मुकाबला होगा वहीं किशनगंज जिले में खेले जा रहे रणधीर वर्मा अंडर नाईंटिन क्रिकेट टूर्नामेंट के ईस्ट जोन के पूल बी के एक मैच में कटिहार ने अररिया को सात विकेट से पराजित कर दिया जबकि आज किशनगंज और पूर्णिया के बीच मैच खेला जायेगा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 हिन्दुस्तान ने चौथे चरण के चुनाव प्रचार के समाप्त होने पर खबर दी है बेगूसराय समेत बिहार की पांच सीटों पर प्रचार थमा अखबार ने राहुल गांधी पर पटना में चलेगा मानहानि का केस क ी खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने देशभर में होगी एक साथ एमबीबीएस फाइनल परीक्षा को बड़ी सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर खबर बनाते हुये लिखा है मोदी के कार्यकाल में विश्व स्तर पर बढ़ा देश का मान दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है हम तो आलू से चिप्स बना सकते हैं सोना बनाने वाले कोई और

पांचवें से लेकर अंतिम चरण तक का चुनाव प्रचार तेज

राज्य के कई हिस्सों में लू जैसे हालात स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट